प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया

केन्द्र ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रवासी कामगारा का पलायन रोकने के लिए सीमाएं प्रभावी ढंग से सील करने का निर्देश दिया है पूर्णबंदी के कारण फंसे जरूरतमंद लोगों और निर्धनों के लिए अस्थायी आश्रय तथा भोजन और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का भी आदेश दिया गया है

मंत्रालय ने विभिन्न उद्योगो दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सहित सभी नियोक्ताओं को अपने कामगारों के पारिश्रमिक का बिना किसी कटौती के नियत समय पर भुगतान करने को कहा है कामगारों के मकान मालिकों को भी एक महीने का किराया नहीं लेने का निर्देश दिया गया है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी

जो स्टेंडर्ड लेबर है उसके लिए फूड और शेटर का प्रावधान हो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉऔन्सि फंड के अंतर्गत स्टेट को यूटीज को इसके लिए सफिसियट फंड मिला हुआ है

जितने इमप्लायर हैं उनको निर्देश दिया जाये और ये लागू किया जाये क्लोज डाउन प्रीयर्ड के लिए वर्कर और उनके वर्क पेलेसस पर ड्यू डेट पर बिना डिटेक्शकन के प्ररी वेटेज दें जो वर्कर रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनके लैंडलोड न उनसे एक महीने का रेंट मांगेगे और न उनसे खाली करायेंगे

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत निजी क्षेत्र के साथ समन्वय के लिए बनाए गए समूह के अध्यक्ष होंगे आथिक और कल्याणकारी उपायों से संबंधित समूह आर्थिक कार्य सचिव अतान् चक्रवर्ती के नेतृत्व म कार्य करेगा

राज्यों की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आपूर्ति एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि जरूरत वाली जगह पर सामान पहुंचाया जा सके इसके लिए एयर इंडिया और अलायंस एयर की सेवाएं ली जा रही हैं नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसियां सामग्री की समय पर उपलब्धता में सहयोग कर रही हैं चिकित्सा सामग्री को समय पर उपलब्ध कराने के लिए सूचना साझा करने और सवालों के जवाब देने का काम चौबीसों घंटे जारी है

एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा ने लॉकडाउन बढाने की मीडिया में आई खबरों का खंडन किया पत्र सूचना कार्यालय ने यह भी कहा कि यह अफवाह है और मीडिया ने खबरों में दावा किया था कि लॉकडाउन का समय समाप्त हाते ही सरकार इसे बढा देगी कैबिनेट सचिव ने इन खबरों को खारिज किया है और कहा है कि ये सब खबरें बेब्नियाद हैं

एक रिपोर्ट मुख्योमंत्री योगी आदित्य नाथ ने मनरेगा मजदूरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करके उन्हें भरोसा दिलाया कि न केवल उन्हें तीन महीने का राशन दिया जायेगा बल्कि मुफ्त में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी दिये जायेंगे मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे अपील की है कि वे उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करें और उनका ख्याल रखें

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

श्री पाल ने कहा कि ऐसी स्थिति मे जब कोरोना संक्रमण के चलते देहाड़ी पर मजदूरी करने वाले मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है इस पैसे के हस्तानान्तरण के चलते उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद मिलेगी तथा वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में रहकर इस महामारी से लड़ने में सहयोग कर सर्के गे

उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन से प्रभावित व्यक्ति का फोन अवश्य रिसीव किया जाय

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन दिनों के अन्दर बाहरी जनपदों से राज्य में आये लोगों को चिन्हित कर कॉरेन्टाइन कराया जाय प्रत्येक जिले में इस कार्य हेतु शेल्टर होम का निर्माण करने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति सड़क पर न रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लॉकडाउन का पालन करना हम सबके लिए सच्ची देशभक्ति का परिचायक है

श्री मौर्य ने कहा कि लॉकडाउन के चलते लोगों के बीच में पहुंचना नहीं हो पा रहा है लेकिन सभी से यह अपील है कि हम सभी गरीबों और जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करें जिससे उन्हे कोई समस्या नहीं होने पाये उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से हर किसी को खतरा है इसका एक ही उपाय है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए एक ही स्थान पर रहें

लॉक डाउन के दौरान कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने लोगों को बुनियादी सुरक्षात्माक उपायों का पालन करने की सलाह दी है खुद को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को समाजिक द्री से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए और इकट्टा होने से बचना चाहिए इस दौरान सभी अपनों घरों में रहें और सिर्फ जरूरी चीजों के लिये ही बाहर निकलें लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचें बार बार अपने हाथों को साबुन और एल्कोंहल आधारित हैंड सैनेटाइजर से साफ करते रहें

यदि किसी व्यंक्ति को खांसी या बुखार है तो वह दूसरे के सम्पर्क में आने से बचे और डॉक्टर से सलाह ले

हम साथ हम साथ मिलकर इस वायरस से लड़ सकते हैं